आज नई दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोडा ने बताया कि दोनों राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहित लागू हो गई है

हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल दो नवम्बर को और महाराष्ट्र का नौ नवम्बर को समाप्त हो रहा है

अगले दिन इनकी जांच की जायेगी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और दोनों सीटें जीतेगी भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में श्री पूनिया ने कहा कि खींवसर सीट गठबंधन को देनी है या भाजपा खुद प्रत्याशी उतारेगी इस बारे में फेंसला केन्द्रीय नेतृत्व करेगा श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस का दस माह का कार्यकाल घोर निराशाजनक रहा है सभी लोग नाराज है उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के कामों और ठोस निर्णयों पर वोट देगी दूसरी ओर कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा ने कहा कि पार्टी राज्य सरकार द्वारा किये गये जनहित के कार्यो को लेकर उपचुनाव में विजय हासिल करेंगी

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के अलावा वे अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न उपायों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जलवायु परिवर्तन और समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होनी है प्रधानमंत्री कल द्यूस्टन में भारतीय समुदाय को सम्बोधित करेंगे भारतीय समुदाय के इस आयोजन हाउडी मोदी में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी उनके साथ होंगे श्री मोदी ने कहा कि भारतवंशियों के कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति की उपस्थिति भारत की व्यापक पहुंच के प्रमाण में मील का पत्थर साबित होगी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है

इन अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में तबादले के बाद ये नियुक्तियां की गयी हैं सरकार ने कहा है कि इन न्यायालयों में स्थायी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होने तक संबंधित न्यायालयों के सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति कार्यभार संभालेंगे कानून और न्याय मंत्रालय के संयुक्त सचिव सदानंद वसंत दाते ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है

कार्यक्रम की यह सत्तावन वीं कड़ी होगी

उन्होंने कहा कि भारतीय गुणवत्ता परिषद नीति का खाका तैयार करने पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब इस विषय के लिए औपचारिक काम शुरू किया गया है आज हैदराबाद में परियोजना प्रबंधन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि परियोजना प्रबंधक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

राज्य के चुनाव विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है

पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी के निधन के कारण ये उपचुनाव करवाया जा रहा है

श्री मिश्र ने कोटा हवाई हड्डे पर अधिकारियों की बैठक लेकर जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान और स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाये गये बचाव और राहत कार्यों की जानकारी ली

बाड़मेर जिले के समदड़ी क्षेत्र के होतरडी गांव के पास कार रैली के चपेट आने से एक दम्पति और उनके बच्चे की मौत हो गई ये लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि कार रैली में शामिल एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे तीनों ने मौके पर ही दम तोड दिया बीकानेर जिले में श्रीकोलायत क्षेत्र में एक कैंपर के बिजली के खंभे से टकराने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गये